प्रदेश के सभी जिलों में मिलावटखोरी पर रोकथाम के लिए आज से एक बार फिर शुद्ध के लिये युद्ध अभियान शुरू हो गया है

प्रदेश में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है सभी संभागों में प्रशासनिक टीमें भेजी जा रही है संभागों के अलावा जिले के उद्यानों पर भी नजर रखने की व्यवस्था की जा रही है प्रदेश में रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है जो आस पास के इलाकों में सर्विलांस कर रही है लोगों को सतर्क करने के लिए पंपलेट पोस्टर बनवाए गए हैं राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है उधर बर्ड फ्लू की आशंका के बाद भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पशुपालन निदेशालय की ओर से भेजी जा रही रेस्पॉन्स टीम आज भरेतपुर पहुंचेगी संयुक्त निदेशक डॉ नगेश चौधरी ने बताया कि सर्वे का काम कल तक पूरा हो जाएगा

झंझनूं जिले में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर पहली बार पूर्वाभ्यास हुआ

भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी प्रेम प्रकाश भारती हाल ही में निदेशक पत्र सूचना कार्यालय के पद से सेवानिवृत्त हो गए

प्रेम प्रकाश भारती जयपुर के आकाशवाणी समाचार प्रमुख के रूप में भी पदस्थ रहे पूर्वी राजस्थान में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है

बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां नीम का खेड़ा में हुई भारी बरसात से खेतों में पानी भर गया है और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों और पेड़ पौधों को नुकसान भी हुआ है केशोरायपाटन और नैरवा के किसानों ने फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराने की मांग की है बीकानेर और चूरू में घने कोहरे और शीतलहर से जन जीवन प्रभावित है इधर आज अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है